हरियाणा के ग़हमंत्री अनिल विज ने कहा है कि एसएलआर लैब द्वारा किये जा रहे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट गलत थी लैब के खिलाफ कार्रवाई होगी पानीपत प्लिस की अपराध जांच शाखा ने जिले में एक गोदाम से शराब चोरी के मामले में पूर्व विधायक संतविंदर राणा को गिरफ्तार किया दो दिन के रिमांड पर भेजा गया

केन्द्रीय वितमंत्री श्रीमती निर्मला सीमारमन ने देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणा करते हये कहा है कि अगले दो महीनों तक मजदूरों को निशुल्क अनाज दिया जायेगा आज नई दिल्ली में मीडया को सम्बोधित करते हये वित्तमंत्री ने कहा कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी यह अनाज मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दवारा घोषित किये गये आर्थिक पैकेज बारे केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमन ने जो जानकारी दी है उस पर आकाशवाणी को प्रतिक्रिया देते हये हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंउ इंडस्ट्री के राजय प्रधान विष्णु गोयल ने कहा कि घोषित किये गये विवरण सराहनीय है इससे बाज़ार में पैसे का प्रवाह होगा जिससे सामान की मांग बढ़ेगी और आर्थिक समृद्वि आयेगी उद्योगपति अशोक सिंगला ने इसे नकदी प्रवाह का एक अच्छा कदम बताते हये कहा कि ये उद्योग के लिए जीवन घ्टी का काम करेगा वहीं पंचकला से अर्थशास्त्र के प्रो सुच्चा सिंह ने कहा कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा कयोंकि इससे छोटे निवेशकों को मदद मिलेगी और रेरा में छ महीने का राहत के चलते रियल क्षेत्र में भी उभार आयेगा

यह मशीन नई दिल्ली में राश्ट्रीरय रोग नियंत्रण केन्द्र एससीडीसी में लगाई गई है डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि अब भारत में नोवेल कोरोना वायरस के प्रतिदनि एक लाख टेस्ट करने की क्षमता हो गई है

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा है कि एसएलआर लैब जांच मामले में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है

श्री विज ने कहा कि किसी तंदरूस्त व्यक्ति को कोरोना पोजिटिव करार देना उस व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है उन्होंने बताया कि एसएलआर लैब के साथ हये समझौते का अध्ययन किया जा रहा है उससे जो भी कार्रवाई का प्रावधान होगा वो कार्रवाई की जायेगी श्री विज ने कहा कि इस मामले में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधनान परिषद को भी इस लैब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा जायेगा शारीरिक दरी पर एक सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि कोरोना जल्दी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा और इसके साथ जीने के लिए नये कायदे कानून बनाने पड़ेगे उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी और मास्क पहनने के लियम का पालन न करने वालों के लिए सज़ा या जुर्माने का प्रावधान करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री दवारा घोषित राहत पैकेज पर दी गई प्रतिक्रिया पर उन्हे इसे अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए पानीपत पुलिस की अपराध जांच शाखा की एक टीम ने पानीपत जिले में एक सील कियेगये गोदान से शराब चोरी के मामले में पूर्व विधायक संतविंदर राणा को चंडीगढ़ से गिर फ्तार किया है

ये गोदाम प्रदेश में शराब की बिक्री पर लगी पांबदी के चलते सील किया गया था बताया गया है राणा इस गोदाम में हिस्सेदार था पूलिस इससे पहले इस मामले में छ लोगों को गिरफ्तार कर च्की है हमारे संवाददाता ने बताया कि संतविंदर राणा पहले कांग्रेस मे थे और अब उन्होंने जन नायक जनता पार्टी का दामन थामा था

हरियाणा प्लिस के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव मिताथल निवासी जयपाल के रूप में हई है आरोपी मोटरसाइकिल पर मादक पदार्थ को ले जा रहा था आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है

उसने बताया कि वह यह अफीम मयोंद कला निवासी दलीप से लेकर आया है

अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है

स्टेशन से करीब दो बजे रवाना हुई इस गाड़ी में बिठाने से पहले श्रमिकों को डॉक्टरी जांच की गई और उन्हें मास्क व सैनेटाईज़र उपलब्ध करवाया गया

नारायणगढ़ के एसडीएम अदिती ने बताया कि कल फिर सहारनप्र क्षेत्र के लिए और परसो ब्लंदप्र क्षेत्र के लिए के लिए श्रमिकों को बसों में रवाना किया जायेगा

जाने से पहले श्रमिकों की चिकित्सीय जांच की गई और उन्हें आवश्यक सामान भी उपलब्ध करवाया गया हरियाणा के कई जिलों से कल रोडवेज की बसों का परिचालन श्रू हो रहा है इसके लिए ऑन लाइन ब्किंग करवानी होगी

सिरसा के कल स्बह एक बस पंचकुला के लिए रवाना होगी चंडीगढ़ में छ कोरोना मरीज़ों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छट्टी दी गई है और बापूधाम कालोनी से आज कोरोना संक्रमण के सामने आये है

यमुनानगर जिला कोरोना मुक्त हो गया है हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया के हवाले से बताया कि जिले मे कुल आठ पोजिटिव मरीज़ मिले थे कल देश शाम चार मरीज़ों की रिपोर्ट नेगीटिव आने के बाद उन्हें छ्टटी दे दी गई है सहकारिता मंत्री डॉ बनवारीलाल ने आज रेवाड़ी में सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक दवारा शुरू की गई मोबाइल एटीएम सेवा का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस तरह का यह पहला प्रयास है प्रदेश के दूसरे बैंकों में भी यह स्विधा जल्द ही शुरू की जाएगी